घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गाहर में सबसे अधिक शिकायतें सुनी गई रेल कालका शिमला रेलवे ट्रैक का सफर अब और भी हसीन होगा रेलवे विभाग द्वारा कुछ समय पहले इस ट्रैक पर विस्ताडोम कोच चलाने के बाद अब रेलवे जल्द ही रेस्टोरेंट कोच वाली ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है इसमें रेस्टोरैंट कोच को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है और विदेशी सैलानियों की मांग को भी ध्यान में रखा गया है

शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में धार्मिक श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में शिव मन्दिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है उधर मंडी शहर में ऐतिहासिक शिवरात्रि मेला कल से पहली जलेब के साथ शुरू होगा छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मुख्य देवता कमरूनाग अपने गुरों के साथ मंडी पहुंच गए हैं उधर कांगड़ा ज़िले के बैजनाथ कस्बे में भी शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है शिव मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग है और श्रद्वालु दूध बिल पत्र फल फूल और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं घटना चम्बा ज़िले में भरमौर तहसील के ध्याना गांव में अंगीठी की गैस लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई

इन सभी को इलाज के लिए चम्बा मैडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है जहां फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है बैठक राजकीय सी एण्ड वी अध्यापक संघ की राज्यस्तरीय बैठक कल हमीरपुर राज्य प्रधान चमन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह की अध्यक्षता करेंगे

मौसम शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है वहीं दूसरी ओर ऊंची चोटियों पर कल हुए ताजा हिमपात व निचले इलाकों में कुछ स्थानों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आज मध्यम व अधिक ऊचाई वाले इलाकों में हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है मनाली में एक दशक बाद मार्च में बर्फबारी प्रदेश की चोटियां फिर बर्फ से लकदक शिमला में दोपहर बाद बारिश आपका फैसला के शब्द हैं मनाली डलहौजी और कुफरी में बर्फबारी से दर्जनों सड़के अवरूद्व दैनिक भास्कर की सुर्खी है राजकीय सम्मान के साथ शहीद राजेश ऋषि को दी अंतिम विदाई चार जवान अभी भी लापता चिंतपुर्णी में नकली करंसी के साथ पकड़े पंजाब के चार लोग शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है पंजाब नम्बर की कार में चार लोग थे सवार

दिव्य हिमाचल लिखता है बिजली बिल ऑनलाईन देने पर दस रुपये की छूट डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बिजली बोर्ड का फैसला हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है परिवहन निदेशालय में सभी सेवाएं होगी अब ऑनलाईन लोगों को दलालों से बचाने के लिए विभाग का फैसला